इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स के बनने से लोगों को घर द्वार के नजदीक ही विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी उन्होंने कहा की पूर्व कांग्रेस सरकार ने एम्स को भूमि हस्तांतरित करने में बेवजह देर की जिस कारण लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ा मुख्यमंत्री ने हिमाचल को एम्स पीजीआई सैटेलाईट सेंटर चार मैडिकल कॉलेज आईआईएम और आईआईआईटी जैसे संस्थान स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत किया जा रहा है इसके निर्माण से न केवल लोगों को सुपरस्पेशिलिटी सुविधाएं प्राप्त होंगी बल्कि राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी उपलब्ध होंगे

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और पार्टी एकजुट है राठौर आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में फेरबदल होगा और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को बाहर किया जाएगा और काम करने वालों को सम्मान दिया जाएगा राठौर ने कहा कि अब पार्टी में कार्यालय में बैठकर नियुक्तियां नहीं होंगी उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होगी उन्होंने इस मौके पर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राज्य में विकास की गति बहुत धीमी है कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है राठौर ने सोलन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की

इनमें से दो मरीजों की पीजीआई चण्डीगढ़ में ईलाज के दौरान मौत भी हो गई है

उन्होंने बताया कि स्वाइल फ़्लू से जिन दो मरीजों की मौत हुई है वे दोनों ऊना जिला के रहने वाले थे उन्होंने लोगो से अपील की है कि यदि किसी को भी चार दिन से अधिक बुखार रहे तो उन्हे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में स्वाइन फलू की जांच करवा लेनी चाहिए स्वच्छ भारत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की उत्तर भारत की क्षेत्रीय निगरानी समिति की अध्यक्ष राजवंत संध्र ने कहा है कि स्वच्छ भारत के रास्ते पर चलने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा राजवंत संध् आज ऊना में जिले के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक में बोल रही थीं उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में ठोस व तरल कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों में व्यापक जन जागरूकता लाने पर बल दिया राजवंत संधू ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में हिमाचल अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध इस दिशा में प्रदेश का बेहतरीन प्रयास है उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर समाज के सभी वर्गों से सकारात्मक सहयोग की अपील की ताकि इसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके मौसम राज्य के जनजातीय व अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला रूक रूक कर जारी है कुल्लू किन्नौर और चंबा जिलों के निचले क्षेत्रों में वर्षा भी हुई है जिससे प्रदेश में शीतलहर और बढ़ गई है